पर प केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल निधन हो गया वे चौहतर वर्ष के थे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे श्री पासवान ने कल दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में अंतिम सांसे ली बारह जनपद स्थित घर में श्री पासवान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्वांजलि अर्पित की दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर पटना में पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा

इधर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव विधायक दल के नेता आलमगीर आलम कृषि मंत्री बादल पत्रलेख प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन पर गहरा दुख एवं शोक प्रकट किया है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से एक राजनीतिक अध्याय का अंत हो गया हैं आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि देश के अनुभवी नेताओं में शुमार राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले केंद्रीय रामविलास पासवान के निधन की खबर से दुःखी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की शुरूआत की आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है इस कड़ी में कोन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जागरूकता अभियान में समाज के सभी लोगों को जोड़ा जाएगा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघ्वर दास ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की है उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए तीन मंत्रो को अपनाकर स्वस्थ रहने और कोरोना से बचने की सलाह दी है राज्य में अब तक अस्सी हजार चार सौ उनचालीस लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके है पिछले कुठ हफ्तों से लगातार स्वास्थ्य दर में वृद्धि दर्ज की गई है वर्तमान में कोरोना की स्वास्थ्य दर लगभग नवासी प्रतिशत दर्ज की गई है वहीं अब तक कुल नब्बे हजार चार सौ छियासी कोरोना के मामले सामने आए हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में सात सौ चौरासी नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि बारह सौ तिरसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुटटी दी गई है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

प्रत्याशी सोलह अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे सत्रह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि उन्नीस अक्टूबर निर्धारित की गई है तीन नवम्बर को मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे और दस नवम्बर को मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिये जाएंगे दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो को दुमका विधानसभा उपचुनाव का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है जबकि दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाये गये हैं नामांकन प्रक्रिया को लेकर दुमका अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय की बेरिकेटिंग कर दी गई है

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए बिहार में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है बिहार के चकाई विधानसभा एलिजाबेथ सोरेन झाझा से अजित कुमार कटोरिया से अंजना हांसदा मणिहारी से फूलमणि हेम्ब्रम और धमधाहा से अशोक कुमार हांसदा को प्रत्याशी बनाया गया है निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए तीस दिन के नोटिस की अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है यह छूट उन्हीं राजनीतिक दलों को मिलेगी जिन्होंने सात अक्तूबर को या उससे पहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई थी सात अक्तूबर तक या सात दिन की अवधि से पहले ही सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करा चुके दलों सहित सभी दल कल तक या मूल रूप से उपलब्ध् कराई गई तीस दिन की अवधि खत्म होने तक जो भी पहले हो आपत्ति जमा करा सकते हैं

निर्वाचन आयोग ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार के बाद सार्वजनिक सूचना देने की अवधि में छूट देने का फैसला किया यह छूट बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तिथि बीस अक्तूंबर तक लागू रहेगी से से चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है श्री प्रसाद चारा घोटाला के चार मामले में सजायापता है चाईबासा कोषागार के दो मामलों और देवघर कोषागार के एक मामले में लालू को जमानत मिल गई है दुमका कोषागार से संबंधित मामले में अभी उनकी ओर से जमानत याचिका नहीं दाखिल की गई है इस मामले में लालू प्रसाद को सर्वाधिक सात साल की सजा मिली है चाईबासा कोषागार के जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है उसमें उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है इसकी आधी सजा यानि ढाई साल उन्होंने जेल में पूरे कर लिए हैं आधी सजा पूरी करने के आधार पर ही हाई कोर्ट ने लालू को जमानत दी है चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद पर कुल पांच मामले झारखंड में चल रहे हैं जिनमें से चाईबासा के दो देवघर और दुमका के एक एक मामले में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है

श्री पत्रलेख ने बताया कि किसानों के कर्ज माफी के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है इसमें दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों की कर्ज माफी के लिए रखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ने आज मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी